शिमला में कल उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को एक सौ नई इलैक्ट्रिक बसें खरीदने को सैद्वांतिक मंजूरी दी है जिन्हें शिमला के अलावा कांगड़ा हमीरपुर और नाहन सहित राज्य के अन्य स्थानों में भी चलाया जाएगा मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल्लू जिले के मड़ी में इलैक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा मुख्य सचिव प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को सुद्रढ़ करने के लिए राज्य सरकार परियोजना प्रबन्धन इकाई स्थापित करेगी मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने कल शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और इवेंट मैनेजमेंट है उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन को विकसित करने के लिए देश के अन्य राज्यों द्वारा शुरू की गई पहल को भी अपनाया जाएगा राज्यपाल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर का दूसरा दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जा रहा है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रोय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर भी समारोह में मौजूद रहेंगे

धीमान पर्यावरण विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के मुख्य सचिव आरडी धीमान ने अधिकारियों को प्रदेश में प्लास्टिक कचरा खरीदने की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं शिमला से कल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उन्होंने सभी उपायुक्तों स्थानीय शहरी निकायों के प्रतिनिधियों और सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ इस संबंध में चर्चा की

मौसम जनजातीय जिले लाहौल स्पीति और किन्नौर सहित कुल्लू चंबा व शिमला जिलों की ऊंची चोटियों पर आज भी रूक रूककर हल्का हिमपात हो रहा है हिमपात व वर्षा से प्रदेश भर में शीतलहर बढ़ गई है

उपायुक्त गोपाल चंद ने खराब मौसम को देखते हुए आज जिले के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए हैं वहीं कुल्लू जिले में जलोड़ी दर्रे पर हिमपात से बंजार आनी सड़क पर यातायात बंद हो गया हैं

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल की सुर्खी है पीएनबी यूको और सेंट्रल बैंक में सीबीआई की दबिश जबकि हिमाचल दस्तक ने लिखा है सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में सौंपी रिपोर्ट हिमाचल में बर्फबारी से उत्तरी भारत शीतलहर की चपेट में शीर्षक से आपका फैसला ने लिखा है रोहतांग में दो फीट से अधिक ताजा हिमपात

हिमाचल दस्तक का कहना है पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर बारिश से भीगे मैदान हिमाचल देश का पहला राज्य जहां दिसंबर में होगी पेपरलैस केबिनेट दैनिक भास्कर की एक खबर है इसी पत्र के अनुसार सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत बच्चों को मिली स्मार्ट यूनिफार्म का धोने पर उड़ा रंग देव आस्था के नाम पर वृद्धा से हुई कूरता को दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है एसएचओ मुख्य आरक्षी के खिलाफ होगी विभागीय जांच पंजाब केसरी के शब्द हैं एसएचओ और आईओ पर बैठाई नियमित रूप से विभागीय जांच आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखा है नई औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण के मापदंडों को किया जाएगा पूरा जयराम सरकार के दो साल के जश्न में शाह होंगे मुख्यातिथि दिव्य हिमाचल की एक खबर है पंजाब केसरी ने हाईकोर्ट के हवाले से खबर दी है पटवारी की लिखित परीक्षा में कथित धांधली के मामले पर सुनवाई कल